मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला में रहेगें और ग्लोबल इन्वैस्टर्स मीट के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों को लेकर होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे इसके अलावा वेविभिन्न अधिकारिक बैठकों में भी हिस्सा लेंगे

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है और अच्छी ध्रप निकलने से ठंड से मामूली राहत मिली है हालांकि तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड का दौर जारी है जनजातीय इलाकों सहित अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद अभी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है इन इलाकों में हिमपात से बंद सड़कों को बहाल करने और बाधित बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास युद्ध जारी है लाहौल स्पिति जिले में हिमस्खलन से अवरूद्ध चन्द्रभागा नदी का बहाव अब सामान्य हो गया है उधर किन्नौर जिला के निचार खंड के डेड सुंगरा में आज सुबह भू स्खलन के कारण राष्ट्रीय उच्चमार्ग पांच अवरूद्व हो गया है इससे सैकड़ों यात्री सड़क के दोनों तरफ फंसे हए हैं और किसी जानमाल का कोई नुक्सान नहीं हुआ है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

अमर उजाला का शीर्षक है सूबे में बारिश थमने के बाद चटटाने गिरने से चार की मौत दैनिक जागरण के शब्द हैं भू स्खलन ने ली तीन की जान चंबा जिले के गागला में दो व होली के क्ठेड़ में एक युवक की मौत दिव्य हिमाचल ने लिखा है भू स्खलन ने निगले पांच चंबा में एक ही दिन ली चार की बलि भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है डा राजीव बिंदल होंगे हिमाचल भाजपा अध्यक्ष अजीत समाचार का कहना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए डा बिदल का नाम आया आगे हिमाचल दस्तक के शब्द हैं विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ संगठन संभालेंगे अब बिंदल दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है डा बिंदल को सौंपी जा सकती है प्रदेश भाजपा की कमान दिव्य हिमाचल ने लिखा है डा राजीव बिंदल होंगे अगले भाजपा अध्यक्ष

हमीरपुर रेलवे लाइन फाइनल केंद्रीय नीति आयोग से मिली ऑन बुक्स अप्रूवल आपका फैसला की एक खबर है